उल्लेखनीय है घायल होने के बाद अश्वनी कमार को मैक्सिको शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष चिकित्सा आपात के दौरान गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है उन्होंने लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारता से दान देने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर अश्वनी कुमार को भारत वापिस लाने का मामला मैक्सिको के दुतावास से उठाने का अनुरोध भी किया है सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने लोगों से विकास कार्यो में गुणवत्ता की कमी के संबंध में संबंधित उपायुक्त या उपमण्डल अधिकारी को जानकारी देने का आग्रह किया है सोलन जिले के धर्मपुर में आज जन सुनवाई करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्माण कार्यो में गुणवत्ता लाने के लिए वचनबद्व है और इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी सहजल ने कहा कि विकास कार्यों के निर्माण में देरी के संबंध में भी उपायक्त या संबंधित एसडीएम को शिकायत की जा सकती है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सुरक्षा को देखते हुए म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत देश से बाहर करने की मांग की है लोकसभा में ये मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो इस शांतिप्रिय प्रदेश के लिए ठीक नही है उन्होंने कहा कि रोहिंग्या जम्मू कश्मीर के रास्ते हिमाचल में पहुंच गए हैं और केन्द्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे अन्राग ठाक्र इस बीच भाजपा के चीफ व्हिप व सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में आज हिमाचल में किसानों को बंदरों से होने वाली समस्या को उठाया उन्होंने किसानों को बंदरों से निजात दिलाने के लिए केन्द्र से प्रदेश के लिए अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में बंदर और आवार पश् किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया है अनुराग ठाकुर ने केन्द्र से इस समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार की भरपूर मदद का आग्रह किया जीएसटी केन्द्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न फॉर्म सहज और सुगम के मसौदे पर सम्बंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि सहज रिटर्न फार्म ऐसे कारोबारियों के लिये है जो सिर्फ उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं कारोबारियों और उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने वालों के लिये सुगम फार्म लाया गया है इस बीच नीति आयोग के प्रधान सलाहकार रतन पी वातल ने कहा है कि नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी हुई है नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान पर आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश में इस समय बड़े पैमाने पर लोग डिजिटल भुगतान को अपना रहे हैं वातल ने कहा कि जीएसटी लागू होने से डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा मुंशी प्रेमचंद जाने माने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद की शिमला इकाई ने शिमला में विचार गोष्ठी व कविता पाठ का आयोजन किया इसकी अध्यक्षता इकाई के अध्यक्ष सेवानिवृत आईएएस अधिकारी केआर भारती ने की इस मौके कवियों व साहित्यकारों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से स्वच्छता रथ शुरू किया गया है जो गांव गांव में जाकर लोगों को साफ सफाई के बारे में जागरूक करेगा

ग्रीष्मोत्सव किन्नौर जिले के पूह में तीन दिवसीय ग्रीष्मोत्सव कल शाम सम्पन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने की